इस रैली में केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कलस्ते शामिल हुए रैली को संबोधित करते हुए श्री कुलस्ते ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है यह कानून नागरिकता देने का है लेने का नहीं यह भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है श्री कुलस्ते ने यह भी कहा कि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है और विपक्षी दल स्वार्थवश लोगों को गुमराह कर रहे हैं

परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से इस बारे में बातचीत करेंगे कि परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे निपटा जाए प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के करीब बीस बच्चे भी शामिल होंगे इनमें दंतेवाड़ा से नीलेश बलौदाबाजार से युगल जैन कबीरधाम से अपूर्वी गुप्ता कोरबा से निलाब्जो दास अंबिकापुर से आशुतोष भारती भिलाई से आदित्य पदमाकर बिलासपुर से सुप्रिया प्रसाद और निर्वेद मिश्रा रायपुर से शुभम जाना तथा सुजाता देवांगन शामिल हैं वहीं जगदलपुर से कोनिका जैन अंबिकापुर से अदिति सिंह कोरबा से क़बेर धर्वे दूर्ग से जाया परवीन बलरामपुर से सुहानो प्रजापति रायगढ़ से हिमाँशु गबेल गरियाबंद से रविन्द्र यादव बेमेतरा से कविता ध्रव और राजनांदगांव से हर्षिता तारण तथा शिखा पाटनी का चयन हुआ है पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत आज शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई इसके लिए प्रदेशभर में चौदह हजार से अधिक बूथ बनाए गए थे इस दौरान पोलियों की दवा पीने से छटे बच्चों को मोबाइल टीमें कल और परसों घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीन दिवसीय इस अभियान के लिए अट्ठाईस हजार सात सौ बयानवे टीमें गठित की गई हैं अभियान के तहत प्रदेश के करीब छत्तीस लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों सिविल सर्जन तथा सह अधीक्षक जिला अस्पताल और टीकाकरण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं मेलों सामूहिक उत्सवों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों में भी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी मदनवाड़ा हमला जांच राज्य सरकार ने राजनांदगांव जिले में मानपुर क्षेत्र के मदनवाड़ा में दस साल पहले हुए माओवादी हमले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है न्यायमूर्ति श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त रह चुके हैं गौरतलब है कि मदनवाड़ा के पास वर्ष दो हजार नौ में हुए माओवादी हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित उनतीस पुलिसकर्भियों की मौत हो गई थी

मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर थीम सॉन्ग गाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के बाद अब दिव्यांग बच्चे अपने सुरो के माध्यम से सडक सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राजघानी रायपुर में संचालित शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा यातायात सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गीत रिकॉर्ड किया गया है बच्चों का यह वीडियो अब रास्तों में डिस्प्ले किया जाएगा साथ ही यू दयूब में भी वीडियो लॉन्च किया जाएगा बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार कृषि पर आधारित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर पर केंद्रित रहेगा यह योजना कृषि उत्पाद को बढावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है इस संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर हुलास पाठक से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

मुंगेली नपा पदभार मूंगेली नगर पालिका परिषद में आज नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिलासपुर के सांसद अरूण साव विधायक पुन्नूलाल मोहले नव निर्वाचित पार्षद सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे दर्घटना जांजगीर चांपा जिले में आज हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार युवकों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक जिले के बाराद्वार के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया मृतक युवक पलाड़ीखूर्द और मालखरौदा क्षेत्र के रहने वाले थे वहीं बलौदा के पास एक द्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है खेलो इंडिया असम के ग्वाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दो भाईयों ने एक ही खेल में पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है इनमें से शिवाक्ष साह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है वहीं उनके छोटे भाई रूद्राक्ष साहू ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया बिलासपुर के शिवाक्ष साहू ने तैराकी प्रतियोगिता के अंडर इक्कीस केटेगिरी में खेलते हुए चार सौ मिडले रेस में पहला स्थान हासिल किया उन्होंने यह रेस चार मिनट सैंतालीस सेकेंड में पूरी की वहीं रूद्राक्ष साह ने इसी केटेगिरी में पांच मिनट छह सेंकेंड में रेस पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया खेलो इंडिया के इतिहास में पहली बार दो भाईयों ने एक साथ पदक जीता है मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने शिवाक्ष और रूद्राक्ष साहू की उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में हल्की बारिश के साथ उत्तरी छत्तीसगढ में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी दी है मौसम विमाग से मिली जानकारी के मुताबिक मौसम में यह बदलाव हिमालय में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है साथ ही मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है जिसके कारण सम्रद से नमी आने लगी है नमी बढ़ने की वजह से अंबिकापुर पेण्ड्रा रोड सहित आसपास के जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है संक्षिप्त समाचार राजनादगाव जिले में एक कदम संस्था के द्वारा ड्राईंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में लगभग तीन सौ बच्चे भाग ले रहे हैं बच्चे चित्रों के माध्यम से समाज को संदेश दे रहे हैं जिला मुख्यालय नारायणपुर में जिला प्रशासन और भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वावधान में अगले महीने आठ फरवरी को रन फॉर अब्झमाड़ रन फॉर पीस मैराथन दो हजार बीस का आयोजन किया जाएगा जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल पुराना पुलिस मुख्यालय रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक नौ लाख उनतालीस हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं मुख्य सचिव आरपी मंडल ने योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय सभिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं बैठक में बताया गया कि वर्ष दो हजार बाईस तक सभी पात्र परिवारों को आवास दिया जाना है